केंद्रीकृत कंटोल रूम म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फोन पर राज्य के विधायकों से बात कर उनके क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और बचाव के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में फीडबैक लिया म्ख्यमंत्री ने विधायकों को अपने क्षेत्र में लगातार सम्पर्क बनाए रख कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पुरा पालन करने और लॉकडाऊन में घर पर ही रहने के लिये प्रेरित करने का अन्रोध किया उन्होंने यह भी स्निश्चित करने को कहा कि कोई भी गरीब भ्रखा न रहे आपको बता दें कि म्ख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय में बेहतर समन्वय के लिए केन्द्रीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है

जिलाधिकारी स्रेन्द्र नारायण पाण्डेय ने बताया कि सल्ली गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में लगे नेपाल के एक मजदूर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है लॉकडाउन के दौरान यह मजद्र किसी तरह नेपाल पहंचने में कामयाब रहा लेकिन नेपाली स्वास्थ्य विभाग की सैम्पलिंग में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है इसके बाद सल्ली गांव को क्वारंटीन कर दिया गया है बनबसा के ग्दमी गांव को भी क्वारंटीन किया गया है

उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि नहीं हुई है

हवालबाग विकास खण्ड के पातली बगड़ में भी महिलाओं द्वारा मास्क बनाये जा रहे हैं

यह मास्क हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और जरूरतमन्दों को दिए जा रहे हैं

मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोना संदिग्ध लोगों को आइसोलेट करते हुए आवश्यकतान्सार होम और संस्थागत क्वारंटीन करने और उनकी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये हैं कोरोना वायरस प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से म्ख्य सचिव को हालात की जानकारी दी गई

उन्होंने कहा कि यदि वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के साथ ही संसाधनों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए शहीद अंतयेष्टि जम्म् कश्मीर में घ्सपैठियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए शहीद उत्तराखंड के दो सपूतों अमित क्मार और देवेंद्र सिंह का आज सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया पौड़ी जिले के अमित अणथ्वाल की आज उनके पैतृक घाट पर अन्त्येष्टि की गई आज स्बह उनके शव को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर रांसी स्टेडियम पहंचा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर सैनिकों के परिवार के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि शहीद के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा

शहीद का पार्थिव शरीर लेकर सेना का हेलीकाप्टर आज ग्प्तकाशी पहंचा म्ख्यमंत्री ने शहीद जवान को अंतिम सलामी दी गढ़वाल सांसद और केदारनाथ विधायक ने भी शहीद को श्रद्वास्मन अर्पित किये

यह सभी लोग अलग अलग जिलों से हैं

चार ऐसे लोगों पर भी म्कदमा दर्ज किया है जो इनको शरण दे रहे थे